इस अवसर पर भारी संख्या में सैलानी मनाली शिमला धर्मशाला सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर पहुंचे हैं पर्यटकों की भारी तादाद को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं प्रशासन द्वारा पर्यटकों से कोविड नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया गया है लाहौल घाटी में भी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है अटल टनल रोहतांग व लाहौल घाटी में बर्फ के दीदार के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं इधर राजधानी शिमला कुफरी और नारकण्डा में भी भारी संख्या में पर्यटक नववर्ष मनाने पहुंचे हैं इस बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नववर्ष पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि तत्तापानी और सलापड़ के बीच जल परिवहन सुविधा आरम्भ की जाएगी कल शिमला में अंतरदेशीय जल परिवहन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे न केवल क्षेत्र के लोगों को कम लागत में प्रभावी परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी बल्कि पर्यटकों के लिए भी ये आकर्षण का केन्द्र साबित होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को रोज़गार के अवसर सृजित होंगे

कार्मिक विभाग ने कल इस संबंध में आदेश जारी किए हैं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

नव वर्ष पर अमर उजाला की सुर्खी है पाबंदियों के बीच नए साल के जश्न को हिमाचल उमड़े पर्यटक दिव्य हिमाचल का शीर्षक है हिमाचल का पूरे जोश संग नए साल को सलाम

आपका फैसला के मुताबिक राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को नए वर्ष की दी शुभकामनाएं आपका फैसला के शब्द हैं दिल्ली के द्वारका में बनेगा हिमाचल का नया अतिथि भवन दिल का दौरा पड़ने पर मंत्री सरवीण चौधरी अस्पताल में भर्ती संबंधी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है

दैनिक जागरण के अनुसार शिमला में कल तीन जगह होगा कोरोना वैक्सीन का ट्रायल

नमस्कार